सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं वहीं कई जिलों में छिटपुट बारिष भी हो रही है

आज सुबह से राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाको में बादल छाये हुये हैं और बारिष भी हो रही है

उपायुक्त अरवा राजकमल ने चक्रवाती तूफान उम्पुन को लेकर सभी विभागों को अलर्ट किया है जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी इंसीडेंट कमांडर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में शेल्टर होम के लिए भवन का चयन करने का निर्देश दिया गया है उधर पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण उपराजधानी दुमका में सुपर साइक्लोन उम्पुन का असर दिखने लगा है

जिला प्रशासन ने मयूराक्षी नदी के किनारे वाले इलाके को लोगो से घर में ही रहने की अपील की है इधर बंगाल की खाड़ी से उठन वाले चक्रवाती तूफान उम्फुन को लेकर धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को एहतियात बरतने का निर्देष दिया है उपायुक्त ने प्रखंड एवं अंचल में कच्चे मकान एवं बिना मकान में रहने वाले लोगों को सरकारी भवन विद्यालय और अन्य सुरक्षित आश्रय स्थलों में ठहराने का निर्देष दिया है

इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा

इसके लिए दस हजार करोड रूपये आवंटित किये गये हैं इसके तहत असंगठित क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय आधार पर सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप दिया जाएगा

प्रवासी श्रमिकों को सोषल डिस्टेंसिंग से उतारा गया

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के शुरुआती समय में रिकवरी रेट करीब सात प्रतिषत थी जो अब बढ़कर करीब उनचालीस प्रतिषत हो गया है उन्होंने बताया कि अब तक करीब चालीस प्रतिषत संक्रमित मरीज ठीक हो कर घर जा चुके हैं

उपायुक्त भुवनेष प्रताप सिंह ने बताया कि पांच संक्रमित मरीज मुंबई के हैं और एक विजयवाड़ा से है

प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन के एक सौ सालह मामले दर्ज किये गये हैं

बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना के अंतर्गत रांची खूंटी रामगढ़ सिमडेगा दुमका एवं गिरिडीह में एक एक औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान के शैक्षणिक भवन और सौ बेड वाले छात्रावास भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है

एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और हवाई कम्पनियों को सोमवार से हवाई संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है उन्होंने कहा कि यात्रियों की आवाजाही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मानक दिशा निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं

गृह मंत्री अमित शाह ने टवीट के माधयम से बताया कि सीबीएसई और आइसीएसई समेत विभिन्न राज्यों के बोर्ड दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं

पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर टीएसपीसी सबजोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है

पूलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाषों ने लूटपाट और रंगदारी वसूलने का जुर्म कबूल किया है